आयोग ने स्पष्ट किया है कि इसका पालन न होने पर संबद्ध अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों के लिए शुरू किए गए सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से हलफनामे सहित नामांकन संबंधी अन्य दस्तावेज सार्वजनिक करने की नई व्यवस्था लागू की है उन्होंने बताया कि इसका उद्देश्य निर्वाचन प्रकिया को पारदर्शी बनाते हुए उम्मीदवारों के हलफनामे वैबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक करने की प्रकिया में होने वाली देरी से बचना है

वहीं चुनाव आयोग ने सभी जिला उपायुक्तों से मतदान केन्द्रों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट मांगी है

इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज मंडी संसदीय क्षेत्र में नाचन विधानसभा क्षेत्र के गोहर में होने वाले युवा मोर्चा सम्मेलन में जनसभा को संबोधित करेंगे इस मौके मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा भी मौजूद रहेंगे दूसरी ओर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से अनुराग ठाकुर बिलासपुर मंडल के कुठेड़ा में होने वाले महिला मोर्चा सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे बाद में वे श्री नयना देवी जी मंडल के दयोथ में होने वाले अनुसूचित जाति मोर्चा सम्मेलन को संबोधित करेंगे कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में महिला सम्मेलन में उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार भी मौजूद रहेंगे जबकि शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी सुरेश कश्यप नाहन मंडल में होने वाले महिला मोर्चा सम्मेलन में शिरकत करेंगे दूसरी ओर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल ने कार्यकर्ताओं से चुनाव प्रचार में एकजुटता से कार्य करने का आह्वान किया कांगड़ा जिले में मटौर में कल एक जनसभा में उन्होंने कहा कि कांगड़ा व चंबा क्षेत्र का विकास करवाना उनकी प्राथमिकता है

कुल्लू के उपायुक्त यूनुस ने बताया कि सुरंग में पानी भरने के कार्य के दौरान सेंज और गड़सा घाटी के नालों का जल स्तर अचानक ज्यादा व कम हो सकता है जिसे देखते हुए उन्होंने नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है उपायुक्त ने एनएचपीसी के अधिकारियों को इस संबंध में घाटी के लोगों को लाउड स्पीकरों और अन्य माध्यमों से भी सुचित करने के निर्देश दिए हैं

इन नवरात्रों के दौरान मां के विभिन्न रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी इन नवरात्रों के दौरान राज्य के विभिन्न शक्तिपीठों समेत अन्य मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्वालु उमड़ते हैं इसके लिए सुविधा व सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं इधर राजधानी शिमला के कालीबाड़ी और तारादेवी मंदिरों में भी नवरात्रों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पवन काजल को रोड शो से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है वीरभद्र ने काजल के सिर पर रखा हाथ आश्रय पर खामोश दैनिक जागरण का शीर्षक है काजल के रोड शो में गद्दी नाचे ओबीसी चेहरे नदारद दिव्य हिमाचल के शब्द हैं काजल का शक्ति प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का टिकट लेकर कांगड़ा पहुंचे पवन का जोरदार स्वागत दैनिक भास्कर के अनुसार कांगड़ा में पवन काजल के रोड शो के साथ हिमाचल में कांग्रेस का चुनाव प्रचार शुरू आपका फैसला ने कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर के हवाले से लिखा है पवन काजल मज़बूत प्रत्याशी हैं पंजाब केसरी की एक खबर है हमीरपुर से कांग्रेस टिकट पर सुरेश चंदेल का दावा बरकरार

हिमाचल में पोलिंग बूथों की हालत पर चुनाव विभाग ने मांगी रिपोर्ट दैनिक भास्कर की एक खबर है हिमाचल में सेवा विस्तार के लिए दौड़ शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने लिखा है जयराम सरकार की दरियादिली के चलते पीडब्ल्यूडी के मुखिया ने भी पेश किया दावा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से आपका फैसला लिखता है अनिल शर्मा को भाजपा प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार करना ही होगा दिव्य हिमाचल का कहना है प्रचार बताएगा अनिल शर्मा किसके जबकि अमर उजाला के शब्द हैं मंडी के दुर्ग को बचाने के लिए जुटे जयराम रूठों को मनाया दैनिक जागरण की एक खबर है आईजीएमसी में होगा किडनी ट्रांसप्लांट प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में डा बाल्दी मनीषा नंदा सिलेक्ट दिव्य हिमाचल की एक खबर है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

नमस्कार